मनाली से रोहतांग के लिए हैली टैक्सी सेवा शुरू किए जाने को लेकर मुख्य सचिव ने किया रोहतांग का दौरा राज्यपाल आचार्य देवव्रत का आह्वान स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे जागरूकता अभियानों से जुड़ें लोग ऊना के दौलतपुर चौक में सांसद स्टार खेल महाकुम्भ आज से शुरू एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मण्डी ज़िले की बल्ह घाटी में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा मंडी में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की टीम ने सर्वे के बाद इस नई साईट का चयन किया है उन्होंने बताया कि सैटेलाइट सर्वे के बाद इस साईट को एक सप्ताह में फाइनल कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की धरती पर बड़ा जहाज़ उतरे ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्होंने कहा कि इस परियोजना के विस्थापितों को सरकार उचित मुआवज़ा प्रदान करेगी बाद में सुंदरनगर में एक समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दंत चिकित्सक चरणबद्ध तरीके से तैनात किए जाएंगे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की मज़बूती के लिए नर्सों के एक हज़ार जबकि पैरामैडिकल स्टाफ के दो हज़ार पद जल्द भरे जाएंगे पशुपालन कर्मचारी संघ के एक समारोह में जयराम ठाकुर ने कहा कि वैटनरी फार्मासिस्टों को पुनर्पदनामित करने पर सरकार विचार करेगी

जयराम इस बीच नाचन विधानसभा क्षेत्र के जुगनाहन में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए कार्य कर रही है

जयराम ठाकुर ने कहा कि समी विधानसभा क्षेत्रों में एक समान विकास किया जा रहा है और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है सांसद रामस्वरूप शर्मा और विधायक विनोद कुमार ने भी जनसभा को संबोधित किया इस मौके शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और विधायक इन्द्र सिंह गांधी व राकेश जमवाल मी मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य में पेयजल योजनाओं का निर्माण आध्निक ढंग से किया जा रहा है ताकि भविष्य में पेयजल की कमी न हो वे आज मण्डी ज़िले में धर्मपुर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के शुभारम्भ के बाद चोलथरा में एक जनसभा में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं महेन्द्र सिंह ने बताया कि वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान खण्डों का निर्माण चरणबद्व ढंग से किया जा रहा है मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मनाली से रोहतांग के लिए हैलीटैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा के बाद मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने आज स्थिति का जायजा लेने के लिए रोहतांग का दौरा किया उन्होंने कहा कि हैलिकॉप्टर की लैंडिग के लिए रोहतांग व इसके आस पास विभिन्न उपयुक्त स्थान देखे गए विनीत चौधरी ने बताया कि हैलीटैक्सी सेवा शुरू करने के लिए केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक टीम इसी सप्ताह मनाली पहुंचेगी और उपयुक्त स्थान का चयन करेगी उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़े गी और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे कुल्लू के उपायुक्त युनुस और पवन हंस कंपनी के अधिकारी भी मुख्य सचिव के साथ मौजूद रहे

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन के सैनवाला में सामुदायिक भवन के शिलान्यास अवसर पर कहा कि पौधरोपण अभियान में औषधीय पौधे लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके

इस बीच राजीव बिंदल ने आज नाहन में निरंकारी मिशन के रक्तदान शिविर का शुभारम्म किया उन्होंने लोगों से रक्तदान कर महत्वपूर्ण जिंदगियां बचाने में अपना सहयोग देने का आहवान किया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोगों से स्वच्छता व जल संरक्षण जैसे सामाजिक जागरूकता अभियानों में भाग लेने का आग्रह किया है सोलन जिले के कोठो गांव में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को पीड़ित मानवता की सेवा को अपना ध्येय बनाना चाहिए और ऐसी गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए आचार्य देववत ने कहा कि मानवता की सेवा करने वाले वास्तविक नायक हैं और मानवता की उनकी सेवा अन्यों को भी इस दिशा में प्रेरित करती है उन्होंने कहा कि पीड़ित और संकट ग्रस्त लोगों की सेवा करना भी सभी का नैतिक कर्त्तव्य है इस अवसर पर उन्होंने अखिल भारतीय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुनर्वास केन्द्र मानव मंदिर के दूसरे चरण का लोकार्पण भी किया

मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति ज़िला मुख्यालय केलंग में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने काजा ग्रांम्फू सड़क पिछले तीन दिन से अवरूद्व रहने पर कड़ा संज्ञान लिया और इसकी हालत जल्द सुधारने को कहा सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने युवाओं से नैतिक मूल्यों व आदर्शों का पालन करने का आहवान किया है सोलन में अखिल भारतीय नृत्य व नाटक प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता व सामंजस्य और समायोजन भारत को एक अलग पहचान देता है सहजल ने सभी से संस्कृति और इतिहास का संरक्षण करने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से समी को अवगत करवाने के लिए एक योजना आज पुरानी राहों से आरम्म की जाएगी उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना सहायक सिद्ध होगी सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने मेलों और त्योहारों को राज्य की समृद्ध संस्कृति का परिचायक बताया है कांगड़ा ज़िले में शाहपुर क्षेत्र के धारकंडी में छिंज मेले में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से जहां मनोरंजन होता है वहीं आपसी भाईचारा भी बढ़ता है सरवीण चौधरी ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत का विकास उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि धारकंडी की मनेड़ खड्ड पर बने पुल की मुरम्मत के लिए धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है अभियान सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर नगर परिषद व भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आज हमीरपुर नगर में स्वच्छता अभियान चलाया इस दौरान हमीरपुर के गांधी चौक और शहीद कैप्टन मृदुल चौक पर साफ सफाई की गई अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाया है जिसके तहत देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है खेल महाक्म्म ऊना ज़िले के दौलतपुर चौक से आज सांसद स्टार खेल महाकुम्भ की शुरूआत हुई

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने खेल महाकुम्म के शुभारम्म पर कहा कि इस आयोजन से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की खेलो इंडिया मुहिम के माध्यम से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे एथलैटिक्स उघर कुल्लू ज़िला मुख्यालय में राज्यस्तरीय एथलैटिक्स प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई इसमें ओवर ऑल प्रतियोगिता का खिताब मण्डी ज़िला ने जीता जबकि रनर अप ट्रॉफी कांगड़ा ज़िले के नाम रही युवा सेवा व खेल विभाग की अतिरिक्त निदेशक सुमन रावत ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा

सम्मेलन का शुभारम्म मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे जबकि केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अलफोंस इसमें विशेष रूप से मौजूद रहेंगे मनाली में आज इस संबंध में तैयारियों को लेकर एक बैठक में वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में पहली बार आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन के लिए देश विदेश के ईको टूरिज़्म विशेषज्ञ और पर्यावरणविदों को बुलाया गया है उन्होंने कहा कि मनाली क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और स्थानीय लोगों को भी इसमें भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा बैठक माकपा की शिमला ज़िला इकाई की एक बैठक आज शिमला में हुई जिसमें अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया पार्टी के राज्य सचिव मण्डल सदस्य राकेश सिंघा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे